एनआईटी शिलान्यास राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज पौड़ी जिले के सुमाड़ी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी का शिलान्यास किया इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित रहे

इस मौके पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान के प्रथम चरण का निर्माण एक हजार करोड़ रुपये की लागत से होगा यह परिसर दो साल में बनकर तैयार होगा एनआईटी परिसर में केन्द्रीय विद्यालय भी स्थापित किया जाएगा उन्होंने कहा कि अगले सत्र से जयपुर में पढ़ रहे एनआईटी के छात्र श्रीनगर में स्थापित किये जा रहे अस्थायी परिसर में अध्ययन करेंगे

बैठक में अब तक आई कुल शिकायतों उनके निस्तारण और गुणवत्ता पर सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी बैठक में सेवा के अधिकार से सबंधित सभी सेवाओं को भी इडिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिये गये बैठक में बताया गया की सीएम हेल्पलाइन की हर महीने मंडल आयुक्त स्तर पर अनिवार्य रूप से सभी जिलों की समीक्षा बैठक की जायेगी इस बैठक के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रदेश के सभी सचिवों विभागाध्यक्षों और जिला अधिकारियों के साथ सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक लेंगे इस बैठक में शिकायतों के निस्तारण के अनुसार प्रत्येक जिले और विभाग की रैंकिंग की जायेगी

अधिकारी भी शिकायतों का निस्तारण पेपरलेस तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन ही निश्चित समय अवधि में करा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देश की रक्षा और निगरानी के लिए यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान आईआरडीई देहरादून सुरक्षा बलों को बेहतर सुविधा प्रदान कराने में हमेशा प्रयासरत रहता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए संस्थान में आज प्रकाशिकी एवं विध्त प्रकाशिकी विषय पर चार दिनों तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारम्भ किया गया कार्यक्रम के बारे में बताते हुये आई आर डी ई के निदेशक बैंजनिन लयनल ने कहा कि देश और दुनिया के कोने कोने से लोग सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिये आये हैं उन्होंने कहा कि सामरिक अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों के लिए निगरानी और इलेक्ट्रोऑप्टिक और नाइट विजन के उपकरणों के विकास पर जोर दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रौधोगिकी संस्थान क्रूक्षेत्र के निदेशक डॉ सतीश कुमार ने कहा कि ऑप्टिक और फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनियाभर में काफी काम हुआ है दो खानें बंद बागेश्वर जिले के दफौट क्षेत्र में खड़िया खान का मलबा कौशल्या नदी में फेंके जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने दो खानों पर रोक लगा दी है साथ ही इन खानों के पट्टे निरस्त करने की कार्रवाई के लिए शासन को संस्तृति की है नदी को प्रदूषित करने पर पहले भी जिलाधिकारी ने तीन खड़िया खानों पर अस्थाई रोक लगाई थी लेकिन नियमों का पालन न करने पर आज उन्होंने खड़िया की दो खानों पर पूरी तरह रोक लगा दी है दफौट क्षेत्र के लोग लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि खड़िया खनन मालिक खनन का मलबा कौशल्या नदी में फेंक रहे हैं इससे पानी प्रदूषित हो रहा है ग्रामीणों ने इस पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की थी रुद्रनाथ गद्दी स्थल पंच केदार में से एक भगवान रुद्रनाथ कपाट बंद होने के बाद गोपेश्वर स्थित अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हो गए हैं अब शीतकाल में छह महीने तक गोपीनाथ मंदिर में ही भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना होगी कल रुद्रनाथ के कपाट श्रद्वालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे

राजकीय दून मेडिकल कालेज के पहले वार्षिकोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि दून मेडिकल कालेज में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी मेडिकल कालेज और मेडिकल चिकित्सालय आसपास हों इसके लिये मेडिकल कालेज को मण्डी स्थल पर और जगह उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने सचिव स्वास्थ्य शिक्षा को निर्देश देते हुए कहा कि दून मेडिकल कालेज में स्थायी फैकल्टी की व्यवस्था करने के प्रयास किये जाएं

इस कालेज में छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां भी निशुल्क चलाई जायेगी तंबाकू बैन प्रदेश में पान मसाले के साथ अलग से बेचे जा रहे तंबाकू के पैकेटों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया है कि पान मसाले के साथ उपलब्ध किये जा रहे तंबाकू के पैकेटों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है

इसके मद्देनजर तंबाकू के पैकेटों और निकोटिन युक्त ग्टखा के उत्पादन भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है मिलावट पर अभियान त्योहारों में खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है

अभियान के तहत मिलावटी दूध तेल मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है और इनके सैंपल लैब भेजे जा रहे हैं

उधर टिहरी जिले के लम्बगांव बाजार में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने मीट मिठाई की द्वकानों किराना परचून की दुकानों होटल रेस्टोरेंट आदि की चेकिंग की

वहीं सात फीसदी दूध पीने के लिए सुरक्षित नहीं है गुणवता को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि ये चिंता की बात नहीं है क्योंकि इसके दो कारण हो सकते हैं या तो दुधारू मवेशियों को पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है या फिर दूध को पानी मिलाकर बेचा जाता है